वरिष्ठ भाजपा नेता विपिन परमार निर्विरोध चुने गए विधानसभा अध्यक्ष

एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत हमीरपुर में विद्यार्थियों को केरल की संस्कृति से कराया गया रूबरू

विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्रकाल में मुख्यमंत्री ने विधायक रमेश ध्वाला के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी

इस पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्रिहोत्री और मुख्यमंत्री जयराम ठाकर के बीच तीखी नोक झोंक हई जयराम ठाकर ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में अधिकांश सेवा विस्तार व प्रनःनियुक्ति नियमों के आधार पर नहीं हुई और राजनीतिक आधार पर सेवा विस्तार व पूर्ननियुक्तियां दी गईं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आंकड़ा परेशान करने वाला है तथा स्थिति बहृत ही विचित्र है जयराम ठाकर ने कहा कि मौजूदा सरकार ने प्रयास किया है कि सेवाविस्तार व प्नःनियुक्ति पर कोई भी नियमों की अन्देखी न हो उन्होंने कहा कि सरकार बड़े स्तर पर प्रनःनियुक्ति व सेवाविस्तार के पक्ष में नहीं है वॉ कआउट विपक्ष ने प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरंत बाद तबादलों को लेकर सदन से वाकआऊट किया

इसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष ने प्रश्नकाल को समाप्त कर दिया इस दौरान विपक्षी कांग्रेस सदस्य अपनी सीट पर नारे लगाने लगे और सदन से बाहर चले गए मगर कुछ ही समय बाद सदन में लौट आए विधानसभा अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री रहे विपिन परमार आज निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हो गए

मुख्यमंत्री जयराम ठाकर समेत तीन मंत्रियों ने इसके लिए प्रस्ताव रखा और भाजपा विधायकों ने इसका अनुमोदन किया बाद में सर्वसम्मति से विपिन परमार विधानसभा अध्यक्ष चन लिए गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री नवनियक्त अध्यक्ष को आसन पर ले गए और उन्होंने कार्यवाही संभाली मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता सहित अन्य सदस्यों ने विपिन परमार को बधाई दी और उम्मीद जताई कि वह सतापक्ष व विपक्ष दोनों में संतुलन बनाकर श्रेष्ठ विधानसभा अध्यक्ष साबित होंगे नवनियुक्त अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि वह तटस्थ रहने का प्रयास करेंगे उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका कुछ अलग है इसे वह तभी सफलतापूर्वक निभा सकते हैं जब सभी का सहयोग मिलेगा परमार ने कहा कि संतापक्ष व विपक्ष ने उन्हें सर्वसम्मति से चुना है लिहाजा वह भी पूरे सदन के प्रति समदृष्टि रखेंगे शोकोदगार इससे पहले सदन में पूर्व विधायक कृष्णा मोहिनी के निधन पर शोकोदगार हुआ सदस्यों ने उनके निधन पर कृष्ण क्षण मौन रखकर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की सदस्यों ने कांग्रेस विधायक आशा कमारी की माता को भी श्रद्वांजलि दी जिनका पिछले दिनों निधन हुआ था

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृष्णा मोहिनी सोलन से दो बार विधायक रहीं और उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास करवाने में अहम भूमिका निमाई मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायक आशा कमारी की माता के निधन पर भी शोक प्रकट करते हुए उन्हें श्रद्वांजलि दी विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने शोकोदगार में हिस्सा लेते हुए कहा कि कृष्णा मोहिन कांग्रेस पार्टी में विभिन्न ओहदों पर काबिज रही और उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा अग्निहोत्री ने कांग्रेस विधायक आशा कमारी की माता के निधन पर भी शोक जताया सामाजिक न्याय मंत्री राजीव सहजल संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज विधायक राकेश पठानिया राकेश सिंघा धनीराम शांडिल विक्रमादित्य सिंह लखविंद्र सिंह राणा परमजीत पम्मी व विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने भी शोकोदगार में भाग लिया

रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन सचिवालय को ई आफिस के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं ताकि कागज रहित कार्य किया जा सके शिमला स्थित राजमवन सचिवालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि इसके लिए तकनीकी जरूरतों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन के कर्मचारियों को स्वच्छता अभियान प्राकृतिक खेती पर्यावरण जल संवर्धन शिक्षा और कौशल विकास नशा निवारण फिट इंडिया अभियान व पर्यटन क्षेत्रों में सकिय योगदान देने को कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत हमीरपुर स्थित नेता जी सुभाष चंद्र बोस स्मारक महाविद्यालय में नारा लेखन व भाषण प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य अंजु बत्ता सहगल ने विद्यार्थियों को केरल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी उन्होंने कहा कि महाविद्यालय की एक भारत श्रेष्ठ भारत इकाई दोनों राज्यों के बीच संस्कृति के आदान प्रदान की दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है इस दौरान विद्यार्थियों को मलयालम भाषा में स्वच्छता शपथ दिलाई गई विद्यार्थियों ने नारा लेरवन और भाषण कार्यक्रम के माध्यम से केरल के बारे अपने विचार व्यक्त किए

पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नड़डा का यह पहला हिमाचल दौरा है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि भाजपा द्वारा सोलन में जगत प्रकाश नड्डा के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा उन्होंने कहा कि समारोह में शिमला लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं सहित पार्टी के बडे नेता मौजूद रहेंगे

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक दो मार्च को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक कार्यशाला में इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे सम्मान पाने वाले शिक्षकों में शिक्षा खंड रामशहर के कपिल राघव धूंदन के दिलीप कुमार और कंडाघाट की प्रनम कश्यप शामिल है